राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पाजंलि अर्पित की इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई

इस बीच राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने राष्ट्रपिता के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता के लिए विद्यार्थियों की रैली को भी रवाना किया बाद में मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि अर्पित की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक वीरभद्र सिंह भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा मुख्य सचिव बीके अग्रवाल के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे इससे पहले मुख्यमंत्री ने संजौली में हुए स्वच्छता अभियान में भाग लिया उन्होंने चौड़ा मैदान स्थित राज्य संग्रहालय में राष्ट्रपिता के पहचान सूचक और फोटो गैलरी का भी लोकार्पण किया

इस दौरान प्रदेशभर में भी स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन में राष्ट्रपिता की जयंती पर स्वच्छता अभियान में सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने भाग लिया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा ज़िला के शाहपुर में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का आहवान किया स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पालमपुर के डरोह में स्वच्छता कार्यक्रम में शिरकत की और इस अभियान को जन आंदोलन बनाने पर बल दिया ऊना के रायपुर में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने स्वच्छता रैली का शुभारम्भ किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में हरोली के सेंसोवाल में श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री देश के मार्गदर्शक हैं और सभी को उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर चलना चाहिए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने कहा कि वर्तमान में देश को महात्मा गांधी की विचारधारा पर आगे ले जाने की ज़रूरत है चम्बा में स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला व नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

नई दिल्ली में आज एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि किसान समुदाय को लाभ देने वाली और पर्यावरण के लिए हितकारी है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है

उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और भ्रष्टाचार व भयमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है

वीरेन्द्र कंवर ने किसानों से पारम्परिक खेती से बाहर निकलकर नकदी फसलों को अपनाने पर ज़ोर दिया ताकि उनकी आर्थिकी बढ़ सके